देश भर में संक्रमित लोगों की संख्या छप्पन हजार तीन सौ बयालीस हुई

बिहार में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगो की संख्या बढ़कर पांच सौ छप्पन हो गयी है आज सुबह जारी स्वास्थ्य विभाग की बुलेटिन के अनुसार समस्तीपुर जिले के हसनपुर और रोसड़ा से छह मामले सामने आये हैं इधर किशनगंज में पहला पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद अब राज्य के तैंतीस जिले कोरोना संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं वहीं प्रदेश में कोरोना संक्रमित एक मरीज की मौत होने के साथ ही मरने वालों की संख्या भी बढ़कर पांच हो गयी है रोहतास जिले के सासाराम में एक व्यक्ति की कोरोना संक्रमण से मृत्यु हुई है इधर राज्य में कोरोना संक्रमित मरीजों के स्वस्थ होने का प्रतिशत बढ़कर चालीस पर पहुंच गया है यह आंकड़ा राष्ट्रीय औसत से लगभग ग्यारह प्रतिशत अधिक है पिछले चौबीस घंटों के दौरान तीस मरीजों को राज्य के विभिन्न अस्पतालों से छुट्टी दी गयी वहीं अब तक दो सौ अठारह मरीज स्वस्थ हो चुके हैं इनमें से एक सौ दो मरीजों के साथ मुंगेर जिला राज्य का बड़ा कोरोना हॉटस्पॉट बना हुआ है वहीं गया में छह कोरोना के मरीज पाये गये थे जिनमें से सभी स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं कोरोना संक्रमण को देखते हुए राज्य में ट्रैफिक पुलिस जवानों की थर्मल स्क्रीनिंग की जायेगी इधर देश भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर छप्पन हजार तीन सौ बयालीस हो गयी है इनमें से सोलह हजार पांच सौ चालीस मरीज स्वस्थ हो चुके हैं जबकि सत्रह सौ तिरासी लोगों की मृत्यु हुई है कोरोना संक्रमण को देखते हुए जेल प्रशासन ने तीन जिलों में कैम्प जेल की स्थापना की है जेल आईजी मिथलेश मिश्र ने बताया कि भभुआ औरंगाबाद और जमुई में बनाये इन जेलों में तैंतीस सौ कैदियों को रखने की व्यवस्था की गयी है श्री मिश्र ने कहा कि प्रदेश के नौ जेलों में क्षमता से ज्यादा कैदी मौजूद थे जिसे अन्य जेलों में भेजा गया है जेलों में कैदियों की भीड़ को कम करने और सोशल डिस्टेंसिंग को बनाये रखने के लिए यह कदम उठाया गया है उन्होंने कहा कि कैम्प जेलों में भेजने के लिए इन कैदियों की जांच की जायेगी राज्य में घर घर चलाये जा रहे सर्वे अभियान के तहत अब तक लगभग दस करोड़ ग्यारह लाख लोगों से जानकारियां जुटायी गयी हैं स्वास्थ्य विभाग के अनुसार इस दौरान तीन हजार आठ सौ पैंतालीस लोगों में सर्दी खांसी और बुखार मिला है इस सर्वे के दौरान कोरोना संदिग्धों के नमूने भी एकत्र किये जा रहे हैं प्रदेश में प्रखंड स्तर पर बनाये गये तीन हजार चार सौ बत्तीस केन्द्रों पर लगभग उन्नीस हजार लोग रह रहे हैं सूचना जनसम्पर्क विभाग के सचिव अनुपम कुमार ने बताया कि पंचायत स्तर पर बनाये गये ग्यारह सौ क्वारेंटाइन शिविरों में लगभग दस हजार लोग रह रहे हैं इसके साथ ही एक सौ छियासी आपदा राहत केन्द्रों के माध्यम से लगभग पैंसठ हजार से अधिक लोगों को राहत पहुंचायी गयी है जबकि राज्य के बाहर फंसे लगभग उन्नीस लाख लोगों के खाते में एक एक हजार रूपये की राशि भेजी गयी है कोरोना वायरस पूर्णबंदी के कारण विदेशों में फंसे करीब चौदह हजार आठ सौ भारतीय नागरिकों को स्वदेश लाने का सबसे बड़ा अभियान वंदे भारत मिशन शुरू हो गया है इस दौरान तेरह मई तक चौसठ उड़ानें संचालित की जाएगी विदेश मंत्री सुब्रह्मण्यम् जयशंकर ने फंसे हुए लोगों से संबंधित देशों के भारतीय दूतावास के साथ संपर्क में रहने की अपील की है

उड़ान में सवार होने के समय सभी यात्री थर्मल स्क्रीनिंग से गुजरेंगेऔर केवल ऐसे यात्रियों को ही सफर करने की अनुमति दी जाएगी जिनमें कोरोना के कोई लक्षण प्राप्त नहीं होंगे

इन उड़ानों से संयुक्त अरब अमारात कतरसऊदी अरब ब्रिटेन सिंगापुरअमरीका फिलीपींस बंगलादेशबहरीन मलेशिया कुवैत औरओमान से लोगों को लाया जाएगा पहले सप्ताह में सबसे अधिक उड़ानों के माध्यम से खाड़ीके देशों से भारतीय नागरिक वापस आएंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पंचायत स्तरीय क्वारंटाइन केंद्रों की व्यवस्था को सुद्रढ़ कर अपग्रेड करने का निर्देश दिया है मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव और अन्य वरीय अधिकारियों के साथ उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में निर्देश देते हुये कहा कि प्रवासी मजदूरों को क्वारंटाइन सेंटर में कोई समस्या नहीं होनी चाहिये उन्होंने अधिकारियों से कहा कि रैंडम जांच की भी व्यवस्था सुनिश्चित करायें इसके लिये पूर्व में दिये गये निर्देश के अनुसार सभी जिलों में कोरोना जांच की व्यवस्था शीघ्र शुरू करें श्री कुमार ने कहा कि रैंडम जांच से कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोका जा सकेगा देश के अलग अलग हिस्सों में लॉक डाउन के कारण फंसे कामगारों और छात्रों समेत लगभग बीस हजार लोगों को लेकर बीस ट्रेन आज राज्य में पहुंचेंगी सूचना और जनसंपर्क विभाग के सचिव अनुपम कुमार ने बताया कि जो ट्रेन बिहार पहुंच रही है उनमें गुजरात से चार आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से तीन तीन जबकि पंजाब राजस्थान और हरियाणा से दो दो शामिल हैं ये ट्रेन बरौनी आरा छपरा समेत राज्य के अन्य स्टेशनों पर पहुंचेगी वहीं तेलांगाना के लिग्मपल्ली स्टेशन से एक हजार दो सौ पचास कामगारों को लेकर बांका जंक्शन पहुंची है बिहार में विभिन्न स्टेशनों पर श्रमिकों और छात्रों के आने सिलसिला जारी है

देश में स्वस्थ होने की दर लगभग उनतीस प्रतिशत है उन्होंने कहा कि देश में जांच क्षमता बढ़ाई गई है और प्रतिदिन पंचानवे हजार जांच की जा रही हैं केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि अभी तक तेरह लाख संतावन हजार लोगों की कोविड उन्नीस जांच की जा चुकी है केन्द्र सरकार ने कहा है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत राज्य और केन्द्रशासित प्रदेश सत्तर लाख टन अनाज ले चुके हैं यह तीन महीने के लिए आवंटित कुल अनाज का लगभग अंठावन प्रतिशत है योजना के तहत देशभर में करीब अस्सी करोड़ लाभार्थियों को तीन महीने के लिए पांच किलोग्राम अनाज मुफ्त दिया जा रहा है उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने कहा कि प्रत्येक राज्य अप्रैल दो हजार बीस का कोटा ले चुका है और पांच केन्द्रशासित प्रदेश प्ररे तीन महीने का अनाज कोटा ले चुके हैं लॉकडाउन की अवधि में केन्द्र सरकार द्वारा उपलब्ध करायी जा रही सहायता से लोगों का जीवन आसान हुआ है

लोक नायक जयप्रकाश अस्पताल नई दिल्ली के डॉक्टर नरेश ग्रप्ता ने कहा कि ज्यादातर मामलों में कोविड उन्नीस के बहत कम रोगियों को ही अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत है

दस पंद्रह पंद्रह पर्सेट में उनको अस्पतालजाके कुछ दबाई दी जाती है और वो सैटल हो जाते हैं पांच पर्सेट या उससे कम वाले हैंजोकि दाखिल होना पड़ता है अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स केनिदेशक डॉ रणदीप गुलेरिया ने विशेषकर संक्रमण क्षेत्र में आने वाले लोगों को कोरोना संक्रमण की श्रृंखलाको तोडने के लिए लॉकडाउन मानकों का गंभीरता से पालन करने की सलाह दी है बाइट डाक्टर रणदीप गुलेरिया अगर हम ये लॉकडाउन अग्रसिवलीफॉलो करे स्पेशियली जो हॉटस्पाट हैं उसमें हम यह देखें कि यह लॉकडाउन सोशल डिस्टेंसिंग क्वारंटाइनहम पूरी तरह से करते हैं और सब लोग इसमें भागीदारी करते हैं तो हमारे केसेस जो हैंबढ़ेंगे नहीं आसपास तक फ्लैटन होगा और केसेस कम होने शुरू होंगे राज्य के पुलिस महानिदेशक गुप्तेश्वर पाण्डेय ने कहा है कि वैश्विक महामारी कोरोना से निपटने के लिए रेड जोन में कोई छूट नहीं है सासाराम में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए उन्होंने लॉकडाउन पालन में सभी से सहयोग करने की अपील की श्री पाण्डेय ने कहा कि लोग घरों में रहें और स्वास्थ्य विभाग के निर्देशों का पालन करें

स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनूसार इन डिब्बों का इस्तेमाल कोविड देखभाल केंद्रों के रूप में मामूली रूप से संक्रमित लोगों के लिए किया जा सकेगा ये डिब्बे ऐसे इलाकों में इस्तेमाल किए जाएंगे जहां राज्यों की स्वास्थ्य सुविधाएं समाप्त हो गई हैं और कोविड के संदिग्ध और प्रष्ट मामलों के लिए आइसोलेशन की क्षमता बढ़ाने की आवश्कता है कोविड देखभाल केंद्र बनाने के लिए देश भर में कुल दो सौ पन्द्रह स्टेशन चिन्हित किए गए हैं राज्य में लॉक डाउन के समय में मनरेगा समेत बारह विभागों में एक करोड़ चौतीस लाख कार्यदिवस का सुजन किया गया है सूचना और जनसंपर्क विभाग के सचिव अनूपम कुमार ने कहा कि आपदा की घड़ी में ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मिले इसके लिए राज्य सरकार पूरी तरह सजग है मौसम विभाग ने कहा है कि अगले दो दिनों तक रूक रूक कर बारिश होगी साथ ही वजपात की भी सम्भावना है विभाग ने पूर्वी चम्पारण शिवहर सीतामढ़ी वैशाली समस्तीपुर दरभंगा मधुबनी जमुई जहानाबाद समेत एक दर्जन जिलों में आंधी तूफान के साथ तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है वहीं प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में कल आये आंधी और बारिश के दौरान वजपात होने से भागलपुर और नवादा में एक एक बच्चे की मौत हो गयी कृषि विभाग ने मार्च और अप्रैल महीने में बारिश और ओलावृष्टि से फसलों को हुए नुकसान की भरपाई के लिए किसानों से ऑनलाईन आवेदन मांगा है मार्च महीने में फसल नुकसान के लिए आवेदन ग्यारह मई तक और अप्रैल महीने के लिए बीस मई तक आवेदन किये जा सकते हैं रोहतास जिले में शिक्षक नियुक्ति घोटाले में निगरानी अन्वेषण ब्यूरों ने छब्बीस आरोपितों के खिलाफ निगरानी कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल कर दिया है राज्य में राशन वितरण में अनियमितता करने के आरोप में चौवन जनवितरण प्रणाली की दुकानों का लाईसेंस रद्द कर दिया गया है जबकि एक सौ सड़सठ दुकानदारों पर प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है वहीं कार्य में लापरवाही बरतने के आरोप में सत्रह विपणन अधिकारी और उन्नीस आपूर्ति पदाधिकारी पर विभागीय कार्रवाई करने का आदेश दिया गया है राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में खराब चापाकलों की मरम्मत पन्द्रह मई से पहले किया जायेगा इसके साथ ही तेईस हजार स्थानों पर नये चापाकल लगाने का लक्ष्य रखा गया है कटिहार जिले में गंगा नदी में नाव के डूब जाने से एक महिला की मौत हो गयी जबकि सात लोग लापता बताये जा रहे हैं जिनकी खोज की जा रही है पश्चिम चंपारण जिले में शराब के दो तस्करों को छोड़ने के आरोप में ठकराहा थाना अध्यक्ष सतीश कुमार को पुलिस अधीक्षक ने निलंबित कर दिया है अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने आंध्र प्रदेश की फैक्ट्री में गैस रिसाव से हुई घटना की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है हिन्दुस्तान की सुर्खी है आंध्र प्रदेश की फैक्ट्री में गैस रिसाव से ग्यारह लोग मरे साथ ही अखबार ने लिखा है रेड क्रास ब्लड बैंक में बचा महज आठ यूनिट खून दैनिक जागरण की बड़ी खबर है एसबीआई ने कर्जदारों व बुजुर्गों को दी बड़ी राहत दैनिक भास्कर लिखता है एक हजार कंपनियां चीन से निकल भारत में लगाना चाहती हैं अपनी उत्पादन यूनिट प्रभात खबर ने दूसरे राज्यों से लौट रहे प्रवासी मजदूरों को कृषि क्षेत्र में रोजगार की संभावना पर शीर्षक दिया है मौसम अनुकूल व जैविक खेती दे सकती है रोजगार दैनिक आज की बड़ी खबर है साइबर अपराधियों ने फिर उड़ायी शिक्षा विभाग की नींद

समस्तीपुर जिले के हसनपुर और रोसड़ा से छह नये मामलों की पुष्टि देश भर में संक्रमित लोगों की संख्या छप्पन हजार तीन सौ बयालीस हुई